बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना आज होगी जारी

पहले चरण के नामांकन पत्रों की आज की जायेगी जांच

स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव छह एक प्रतिशत पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

वे चौहत्तर वर्ष के थे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पासवान के हृदय का एक निजी अस्पताल में आपरेशन हुआ था वे लोकसभा के लिए आठ बार चुने गये थे और उनका हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से कई वर्षो तक सबसे अधिक मतों के अंतर से जीतने का रिकॉर्ड रहा श्री पासवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि दिवंगत नेता के सम्मान में आज दिल्ली और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे अंतिम संस्कार के दिन संस्कार के स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा आज दोपहर बाद उनका पार्थिव शरीर पटना में पार्टी कार्यालय लाया जाएगा अंतिम संस्कार कल पटना में होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कई गणमान्य व्यक्तियों ने पासवान के निधन पर दुख व्यक्त किया है श्री कोविंद ने ट्वीट में कहा है कि पासवान के निधन से देश ने एक द्रदर्शी नेता खो दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पासवान के निधन से गहरा दुख पहुंचा है उनके निधन से राष्ट्र में एक ऐसा स्थान खत्म हो गया जिसे भरा नहीं जा सकता श्री मोदी ने उनके निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने एक ऐसा मित्र और सहयोगी खो दिया है जो यह सुनिश्चित करने के लिए बेचैन रहता था कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति सम्मान पूर्ण जीवन व्यतीत करे गृहमंत्री अमित शाह ने श्री पासवान के निधन पर शोक व्यक्त किया है उन्होंने ट्वीट में कहा है कि श्री पासवान ने हमेशा से गरीबों और वंचितों के कल्याण और अधिकारों के प्रति संघर्ष किया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने शोक संदेश में कहा है कि श्री पासवान ने अपने पूरे जीवनकाल में देश के वंचितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों और मृद्दों के प्रति संघर्ष किया बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मूख्यमंत्री नीतीश क्मार ने भी श्री पासवान के निधन पर गहरा द्ःख व्यक्त करते हुए कहा है कि उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए अप्रणीय क्षति है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समूचित व्यवहार के बारे में जन आंदोलन अभियान का शुभारम्भ किया है आने वाले त्योहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है श्री मोदी ने लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की अपील की उन्होंने हमेशा मास्क लगानेहाथों की साफ सफाई रखने और दो गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविडसे संघर्ष एक जन आंदोलन है और इसे कोविड योद्वाओं के समर्पण से शक्ति मिली है उन्होंने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी है श्री मोदी ने कहा कि हमें अपने प्रयासों की यह गति बनाये रखनी होगी और इस घातक संक्रमणसे लोगों का बचाव करना होगा प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से अपने पिछले मन की बात कार्यक्रम में लोगों को मास्क पहनने की याद दिलाई थी

मास्क अवश्य रखें फेस कवर के बिना बाहर न जाएं दो गज की दूरी का नियम आपको को भी बचा सकता है आपके परिवार को भी बचा सकताहै ये कुछ नियम है इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई के हथियार है हर नागरिक के जीवन को बचाने के मजदूत साधन है और हम न भूले जब तक दवाई नहींतब तक ढिलाई नहीं दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर निखिल टंडन ने कोरोना वायरस से बचने के लिए तीन उपायों को अपनाने पर बल दिया

नंबर वन न केवल मास्क पहनना उसे ठीक प्रकारसे पहनना ताकि यो नाक मुंह दोनों को अच्छी तरह से सरफेस कवर कर सके नंबर टू हाथ धोना ताकि अगर गलती से भी कोविड इंफेक्टीड सरफेस पर हाथ लगा है तो वो हाथ के जरिए चेहरे परमुंह पर आंख में ये वायरस ट्रांसमिट न हो पाए नंबर तीन जहां तक संमय है छह फुट की दूरी रखना ताकि जो हवा मेंवायरस है किसी के छींकने बोलने खांसने उसके कारणवश वो वायरस का प्रवेश हमारे शरीर में न हो महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के कुलपति संजीव कुमार शर्मा ने लोगों से कोविड उन्नीस से बचाव को लेकर शुरू किये जन आंदोलन में भाग लेने की अपील की है

मतदाता केवल वरीयता क्रम के अनुसार ही मतदान कर सकेंगे परिषद चुनाव के लिए प्रचार कार्य बीस अक्टूबर को समाप्त हो जायेगा मतदान बाईस अक्टूबर को होगा चुनावी मैदान में अब एक सौ पांच उम्मीदवार रह गये हैं

अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी इस चरण में पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण दरभंगा सीतामढ़ी शिवहर मुजफ्फरपुर और पटना सहित सत्रह जिलों की चौरानवे सीटों पर मतदान तीन नवम्बर को होगा नामांकन भरने की अंतिम तिथि सोलह अक्टूबर है नामांकन पत्रों की जांच सत्रह अक्टूबर को होगी जबकि नामांकन वापस लेने की तिथि उन्नीस अक्टूबर निर्धारित है विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में अठाईस अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिये प्रत्याशियों की ओर से दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच होगी इस चरण में कुल एक हजार अड़तालीस प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है बारह अक्टूबर तक नाम वापस लिये जा सकते हैं सोलह जिलों के इकहत्तर विधानसभा सीटों पर मतदान होना है पहले चरण में एनडीए की ओर से जदयू के चार मंत्री समेत पैंतीस प्रत्याशी हैं जबकि भाजपा से उनतीस हम से छह और विकासशील इंसान पार्टी से एक उम्मीदवार मैदान में हैं वहीं महागठबंधन की ओर से राजद से बयालीस कांग्रेस से इक्कीस और माले से आठ प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं कल नामांकन के आखिर दिन औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार आनंद शंकर और भाजपा उम्मीदवार तथा पूर्व मंत्री रामाधार सिंह सासाराम से लोजपा उम्मीदवार रामेश्वर चौरसिया बक्सर से भाजपा उम्मीदवार परशुराम चतुर्वेदी डुमरांव से जदयू उम्मीदवार अंजुम आरा ब्रह्मपुर से लोजपा प्रत्याशी हुलास पांडेय ओबरा से लोजपा के प्रकाश चंद्रा बरबीघा से लोजपा के डॉक्टर मधुकर बाढ़ से कांग्रेस के सत्येन्द्र बहादुर और मसौढ़ी से राजद की रेखा देवी ने नामांकन के पर्चे दाखिल किये श्रम संसाधन मंत्री सह भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा और कांग्रेस उम्मीदवार अमरेश कुमार अनिश ने लखीसराय से लोजपा के रविशंकर प्रसाद ने सूर्यगढ़ा से शेरघाटी से लोजपा के कृष्णा यादव लोजपा के मृणाल शेखर ने अमरपुर से और बसपा के प्रत्याशी श्याम बिहारी राम ने चेनारी विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया शेखप्रा विधानसभा क्षेत्र के लिये जदयू के रणधीर कुमार सोनी राजद के विजय कुमार लोजपा के इमाम गजाली बरबीघा से लोजपा के मधुकर कुमार और रालोसपा के मृत्युंजय कुमार अरवल से भाजपा के दीपक शर्मा तथा कुर्था से राजद के बागी कुमार वर्मा ने अपना पर्चा दाखिल किया केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार विधान सभा चुनाव में राजनीतिक रैली करने की अनुमति दे दी है केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार पन्द्रह अक्टूबर से पहले भी कंटेनमेंट जोन के बाहर राजनीतिक सभा करने की अनुमति दे सकती है बंद स्थानों और हॉल में क्षमता से आधे लोगों को जमा होने की अनुमति होगी प्रदेश में अब तक एक लाख अस्सी हजार तीन सौ संतावन कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव छह एक प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि एक दिन में एक हजार छह रोगियों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी वहीं इसी अवधि में दो मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर नौ सौ उनतीस हो गयी है कोविड उन्नीस के एक हजार दो सौ चौवालीस नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख बानवे हजार छह सौ इकहत्तर हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पटना में पीएमसीएच के एक चिकित्सक समेत तीन सौ तीन नये मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या ग्यारह हजार तीन सौ चौरासी है राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है जिसके कारण दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंड महसूस की जा रही है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि बारह अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना बनी रहेगी

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की खबरों को प्रमुखता दी है इसके साथ ही अखबारों ने बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की बड़ी खबर है भाजपा के खिलाफ लोजपा का एक भी प्रत्याशी नहीं इसी अखबार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से बोलने और अभिव्यक्ति की आजदी पर की गयी टिप्पणी पर लिखा है अभिव्यक्ति की आजादी का अधिक दुरूपयोग दैनिक जागरण की सुर्खी है पहले चरण के इकहत्तर सीटों पर थम गया नामांकन दैनिक भास्कर ने केन्द्र सरकार के आयुर्वेद और योग से कोरोना के इलाज के लिए दी गयी मंजूरी पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की नाराजगी को खबर बनाते हुए लिखा है कितने मंत्रियों ने आयुर्वेद से कराये इलाज प्रभात खबर की सुर्खी है एनसीआरबी के मुताबिक साइबर क्राइम में बिहार दसवें नम्बर पर जबकि एटीएम फ्रॉड के मामले में पटना दूसरे नम्बर पर आज अखबार की बड़ी खबर है रघुवंश बाबू के पुत्र जदयू में शामिल और अब अंत में मुख्य समाचार केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान का नई दिल्ली में निधन

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना आज होगी जारी

पहले चरण के नामांकन पत्रों की आज की जायेगी जांच

स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव छह एक प्रतिशत